राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाने की ओर अग्रसर

मिजोरम में सत्तारूढ़ कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा

तेलंगाना में टीआरएस दोबारा सत्ता में

पांच राज्यों के लिये हुए विधानसभा चूनाव में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा है जबकि कांग्रेस मजबूत बनकर उभरी है मिजोरम में कांग्रेस को जहां सत्ता गंवानी पड़ी हैं वहीं छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से सरकार बनाने की ओर अग्रसर है तेलंगाना में टीआरएस अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही है राजस्थान में भाजपा को नुकसान हुआ है और कांग्रेस बढ़त बनाये हुए है मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस और पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ ने स्पष्ट बहमत प्राप्त कर लिया है वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाने की ओर अग्रसर है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चौदह सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है और बहुमत के लिये छियालीस के आंकड़े को पार करने की स्थिति में दिख रही है कांग्रेस यहां इक्यावन सीटों पर आगे चल रही है वहीं भाजपा को एक सीट पर जीत मिली है और सोलह पर पार्टी आगे चल रही है राजस्थान में कांग्रेस भाजपा पर बढ़त बनाये हुए है वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है मध्य प्रदेश में बहुमत के लिये जरूरी एक सौ सोलह सीटों के आंकड़े से दोनों दल पीछे हैं भाजपा को तेईस सीटों पर जबकि कांग्रेस को चौबीस सीटों पर जीत हासिल हुई है भाजपा इक्यासी सीटों पर आगे चल रही हैं जबकि कांग्रेस तिरानवे सीटों पर आगे हैं वहीं राजस्थान में कांग्रेस सतहत्तर सीटों पर और भाजपा अंठावन सीटों पर आगे चल रही हैं कांग्रेस ने बाईस सीटों पर जीत हासिल की है जबकि भाजपा को चौदह सीटों पर जीत हासिल हुई है तेलंगाना में मूख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस ने एकतरफा जीत हासिल की है विधानसभा की एक सौ उन्नीस में से टीआरएस ने इक्यासी सीटें जीत ली है वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को सत्रह सीटों पर जीत हासिल हुई है भाजपा ने यहां एक सीट पर जीत हासिल की है पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में सत्तारूढ़ कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है यहां छब्बीस सीटें जीतकर मिजो नेशनल फ्रंट ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया है विधानसभा चूनाव में कई वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अपनी सीटें बचाने में कामयाब रहे हैं जबकि कुछ को हार का सामना करना पड़ा है राजस्थान में मूख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झलारा पाटन सीट से जीत हासिल की है वहीं पूर्व मूख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेता सचिन पायलट चूनाव जीत गये हैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्रधनी सीट पर आगे चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रमन सिंह राजनांद गांव सीट से बढ़त बनाये हुए है वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव गजवेल सीट से बढ़त बनाये हुए है कांग्रेस नेता और मिजोरम में मुख्यमंत्री ललथन हावला को दो सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है विधानसभा चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा है कि राज्यों में जीत हार को लेकर एनडीए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चूनाव में एनडीए भारी मतों से विजयी होगा वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है जनता दल यूनाईटेड के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और लोकसभा चूनाव इसका कोई असर नहीं होगा वहीं राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि चुनाव परिणाम से साफ है कि जनता ने भाजपा की नीतियों को नकार दिया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोन्द्रीय मंत्रिपरिषद से उपेन्द्र क्शवाहा का त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कल अपना इस्तीफा भेजा था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए को भी छोड़ दिया है उच्चतम न्यायालय ने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को निर्देश दिया है कि दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न की पीड़िता की पहचान किसी भी सूरत में उजागर नहीं की जाए न्यायाधीश मदन बी लोक्र की पीठ ने आज पूलिस को निर्देश दिया कि दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के मामलों में जिनमें आरोपी नाबालिग हों उनकी प्राथमिकी सार्वजनिक नहीं की जाए न्यायालय ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाज में दुष्कर्म पीड़िताओं के साथ अछूतों जैसा व्यवहार होता है पूर्व केन्द्रीय वित्त सचिव शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के नये गवर्नर होंगे उनकी नियुक्ति तीन सालों के लिये की गयी है केन्द्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है श्री दास की नियुक्ति उर्जित पटेल के इस्तीफा देने के बाद की गयी है श्री दास वित्त आयोग के सदस्य भी हैं राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने इरशाद ए खान को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना का जबकि एसके शर्मा को नालंदा खुला विश्वविद्यालय का कुलसचिव नियुक्त किया है दोनों कुलसचिव सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के प्रथम चरण के तहत शांतिप्रर्ण माहौल में मतदान सम्पन्न हो गया मात्र तेरह प्रतिशत छात्र छात्राओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया चार सौ सताईस पदों के लिये कुल ग्यारह सौ उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं मतों की गिनती कल होगी भागलपुर जिले के मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मिरजान हाट स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से अपराधियों ने बीस लाख साठ हजार रूपये चुरा लिये पुलिस ने बताया कि गैस कटर की सहायता से एटीएम को काटकार चोरी की घटना को अंजाम दिया गया अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है इधर नालंदा जिले के बेना थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगा बिगहा गांव से अपराधियों ने एक निजी कंपनी के एक कर्मी से दो लाख रूपये लूट लिये दूसरी तरफ पश्चिम चंपारण जिले के गोनाहा बाजार स्थित एक निजी कंपनी के कार्यालय में कल लूट की घटना के मामले में पुलिस ने अठारह लाख रूपये बरामद कर लिये हैं प्रदेश में ठंड का असर बढ़ गया है न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है हालांकि अधिकतम तापमान अभी भी सामान्य बना हुआ है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्ररबा हवा चलने के कारण न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी आज आठ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा पूर्णिया का न्यूनतम तापमान दस जबकि पटना और भागलपुर का बारह बारह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया कैमूर जिले के दूर्गावती थाना क्षेत्र के दहियांव गांव से पूलिस ने एक कंटेनर से पांच सौ कार्टन शराब बरामद की है कंटेनर के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है इधर वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरियापूर दियारा से पूलिस ने लगभग चौरासी सौ लीटर स्प्रीट बरामद की है मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है वहीं बेगूसराय जिले के जीरोमाइल थाना क्षेत्र से पूलिस ने ट्रक पर लदी एक सौ तिरसठ कार्टन विदेशी शराब बरामद की है सीवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के छोटका मांझा गांव से पूलिस ने छत्तीस कार्टन शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है अररिया जिले के कुर्सा कांटा प्रखंड के कुआरी चौकी क्षेत्र से पुलिस ने दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं पश्चिम चंपारण जिले के बगहा थाना क्षेत्र से दो शराब तस्करों को अठासी लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र के बहुआरा गांव से पुलिस ने एक अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है खगड़िया जिले के जीआरपी थाना क्षेत्र के उत्तरी रेलवे कॉलोनी में अपराधियों ने एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी बेगूसराय जिले के बरौनी रेलवे स्टेशन से रेल पुलिस से नशाखुरानी गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया आशा कर्मियों ने मानदेय में बढ़ोतरी और अपनी अन्य मांगों के समर्थन में आज बक्सर और भोजपुर समाहरणालय परिसर में प्रदर्शन किया कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के महुआरी गांव में वज्रपात की घटना में एक युवक की मौत हो गयी बेगूसराय में आयोजित नियोजन मेले में दो सौ इकहत्तर युवक युवतियों को विभिन्न कंपनियों ने नियुक्ति पत्र सौंप दिया है सीतामढ़ी जिला आज अपना सैंतालीसवां स्थापना दिवस मना रहा है इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है

राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाने की ओर अग्रसर

मिजोरम में सत्तारूढ़ कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा

तेलंगाना में टी आर एस दोबारा सत्ता में